केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा मोदी सरकार युवा उद्यमियों को अवसर उपलब्ध करवाने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध

राज्यपाल आज राजभवन शिमला में राजभवन के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा उन्हें विदाई देने के लिए आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे आचार्य देवव्रत ने कहा कि उनका प्रयास रहा कि राजभवन की गरिमा बनी रही और साथ साथ राजभवन लोक कल्याण के कार्यो में सहभागी की भूमिका भी निभाए राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने प्रदेश में लोक कल्याण को लेकर जनअभियान चलाए जिन्हें सरकार और प्रदेशवासियों का भरपूर सहयोग मिला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी राज्यपाल के विदाई समारोह में शामिल हुए और उन्होंने आचार्य देवव्रत द्वारा प्रदेश में किए गए कार्यों की सराहना की राज्यपाल के सचिव राकेश कंवर ने कहा कि राज्यपाल द्वारा आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में किए गए कार्यों से प्रदेश को नई दिशा मिलेगी राज्यपाल के सलाहकार शशीकांत शर्मा ने कहा कि आचार्य देवव्रत द्वारा प्रदेश में किए गए कार्यो की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मोदी सरकार युवा उद्यमियों के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाने और उनकी समस्याओं का अतिशीघ्र समाधान करने के लिए प्रतिबद्व है अनुराग ठाकुर आज संसद भवन में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा आयोजित इंटर प्रन्योर ऑफ इंडिया कार्यक्रम के मौके पर बोल रहे थे इस कार्यक्रम का उद्देश्य नए उद्यमियों और सरकार के बीच संवाद स्थापित करना तथा उद्योग जगत की समस्याओं के जल्द निदान के तौर तरीकों को विकसित करना था अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है जिसमें उद्योग जगत युवा उद्यमियों और एमएसएमई सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है सरवीण चौधरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने बरसात के दौरान सभी विभागों को अत्यधिक सतर्कता बरतने को कहा है ताकि आम जनता को बरसात के कारण किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े सरवीण चौधरी आज शाहपुर में जनसमस्याएं सुनने के बाद लोगों को संबोधित कर रही थी उन्होंने इस मौके अधिकांश समस्याओं का मौके पर निपटारा किया शहरी विकास मंत्री ने इस दौरान पुलिस को ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए ताकि युवा पीढ़ी को नशे के चंगुल में फंसने से बचाया जा सके सरवीण चौधरी ने शाहपुर में शीघ्र ही उपयुक्त प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित करने की भी घोषणा की

कर्मचारी राज्य पथ परिवहन निगम के तकनीकी कर्मचारी प्रदेश सरकार और निगम द्वारा उनके मांगे न माने जाने के विरोध में कल से एक सप्ताह तक काले बिल्ले लगाकर काम करेंगे ये निर्णय तकनीकी कर्मचारियों की आज सोलन हुई एक बैठक में लिया गया तकनीकी कर्मचारी संगठन के शिमला मंडल के प्रधान हुकम चंद वर्मा ने कहा कि निगम और प्रदेश सरकार लम्बे समय से उनकी मांगों को अनसुना कर रहे है

उन्होंने ये भी कहा कि यदि सरकार ने फिर भी उनकी मांगों को अनसुना किया तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा

बैठक की अध्यक्षता सभापति आशा कुमारी ने की

मारकंडा कृषि मंत्री राम लाल मारकंडा ने कहा है कि लाहौल घाटी में सिस्सू हैलीपैड के आसपास के क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा उन्होंने स्थानीय युवाओं का आहवान किया कि वे मुख्यमंत्री स्वाबलंबन योजना के तहत स्वरोजगार शुरू करें तथा लाहौल घाटी को पर्यटन की दिशा में आगे ले जाएं

उन्होंने क्षेत्र में विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया गोविंद ठाकुर वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि जनता की शिकायतों और समस्याओं का निवारण करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है इसके लिए सरकार ने विभिन्न माध्यमों से शुरूआत की है गोविंद ठाक्र आज मनाली विधानसभा क्षेत्र के गांव घुड़दौड़ में लोगों की समस्याएं सुनने के मौके पर बोल रहे थे

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लोगों की समस्याओं को नियमित रूप से सुने तथा उनका समाधान करें अग्निहोत्री नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार कोई भी नया काम करने में सफल नहीं हो पाई है अग्निहोत्री ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि कागजी घोषणाओं के साथ साथ कुछ चहेतों को फायदा देना ही सरकार की नीति बन गई है उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार में खुलेआम माफिया को संरक्षण मिल रहा है उन्होंने ये भी कहा कि निवेश को लेकर प्रदेश सरकार की दिशा और नियत सही नहीं है राजेन्द्र गर्ग बिलासपुर जिला के घुमारवीं उपमंडल में दूसरे चरण के पौधरोपण अभियान का आज विधायक राजेन्द्र गर्ग ने पट्टा पंचायत घर के पास हरड़ और अर्जुन का पौधा लगाकर शुभारंभ किया इस मौके पर राजेन्द्र गर्ग ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधरोपण करने का आहवान किया उन्होंने लोगों को निजी भूमि पर औषधीय पौधे लगाने की भी सलाह दी और कहा कि इससे स्वच्छ पर्यावरण के साथ उन्हें जड़ी बूटियों से कमाई करने का साधन भी मिलेगा उन्होंने पौधरोपण के साथ पौध संरक्षण पर भी जोर दिया डीसी कांगडा कांगड़ा के उपायुक्त राकेश प्रजापति ने ज़िले में आपदा की दृष्टि से संवेदनशील सरकारी व निजी भवनों को चिन्हित कर उन्हें खाली करवाने के निर्देश दिए हैं

आदेशों के तहत आपदा की दृष्टि से संवेदनशील भवनों को चिन्हित करने के लिए सभी एसडीएम निरीक्षण कमेटियां गठित करेंगे

डीसी सिरमौर सिरमौर के उपायुक्त आर के परूथी ने कहा है कि औद्योगिक क्षेत्र पावंटा साहिब में परिवहन नगर स्थापित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे उन्होंने कहा कि परिवहन नगर के लिए भूमि चयनित करने के वास्ते समिति गठित कर दी गई है उपायुक्त ने पांवटा के गोंदपुर में आज हिमाचल प्रदेश चैम्बर ऑफ कार्मस की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उद्योगपतियों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी जाएगी उन्होंने उद्योगपतियों से उद्योगों से निकलने वाले कूड़े कचरे के वैज्ञानिक ढंग से प्रबंध करने को भी कहा

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी के सेरीमंच में विजय ज्योति का स्वागत करेंगे

यहां ये विजय ज्योति कारगिल युद्ध स्मारक पर जल रही चिरकालिक ज्योति में विलीन की जाएगी